केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के दौर में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है

मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ देहरादून चमोली और बागेश्वर जिले में कुछ स्थानों पर तेज और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की कोरोना वैक्सीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा

डॉ पॉल ने कहा कि अन्य दो वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में हैं आवाजाही केंद्रीय गृहसचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है

पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत असर पड रहा है

पत्र में दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाए जाएं एपीआई सेवा आरोग्य सेतु एप ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज शुरू करने में मदद के लिए एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है नई ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई सेवा से संगठन अपने कर्मचारियों की आरोग्य सेतु ऐप से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे और घर से काम करने के विभिन्न तरीकों को जान सकेंगे

ये संगठन नई तकनीक का इस्तेमाल कर हर समय अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति की आसानी से जाँच कर सकते हैं

नमामि गंगा प्रोजेक्ट बागेश्वर जिले में नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत संचालित होने वाली योजनाओ के पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला कमेटी का गठन किया गया है

इस योजना के तहत जिले के सूरज कुण्ड अग्नि कुण्ड जैसे घाट और आस्था पथ आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं जिसकी मदद से जिले में सौन्दर्यीकरण और सरयू घाटों के नये मॉडल का भी निर्माण होगा मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कोविड महामारी की रिथिति के बीच फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों की शुरूआत करने की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की घोषणा की श्री जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म और टेलीविजन महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है

श्री जावड़ेकर ने बताया कि टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों की शूटिंग तथा निर्माण कार्य अब समूचे देश में शुरू किया जा सकता है उन्होंने कहा कि देश के कई भागों में इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कुछ राज्यों में आंशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी किन्तु अब सरकार अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर रही है सूचना और प्रसारण मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि फिल्म और टेलीविजन उद्योग में सभी लोग इसका स्वागत करेंगे उन्होंने कहा कि यह उद्योग अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है आज गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है

बारिश के कारण फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है और नदियां भी उफान पर है भूस्खलन से जगह जगह सड़कें बंद हैं हालांकि कुछ सड़कों को खोला जा चुका है और यातायात बहाल कर दिया गया है पिथौरागढ़ जिले में आईटीबीपी के जवानों ने भूस्खलन की बजह से दुर्गम इलाके में फसी एक घायल महिला को निकाल लिया है उधर पौड़ी जिले में भूस्खलन की खबर है इस बीच मौसम विभाग ने कल पिथौरागढ़ देहरादून चमोली और बागेश्वर जिले में कुछ स्थानों पर तेज और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है इसके साथ ही प्रदेश में कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गयी है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना अल्मोड़ा जिले में कृषि विभाग द्वारा संचालित एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द योजना के सफल संचालन हेतु चयनित ग्राम पंचायतों का सर्वे निरीक्षण कार्य समाप्त कर कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये

इस दौरान क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने कहा कि देश के अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा यही देश के अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्वांजलि होगी